भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में अग्रणी है

बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की द्री अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का शालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत के शास नवाचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अमीर विरासत है और भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में अग्रणी है आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसी भी चुनौती का हल निकालने के लिए और शोध के माहौल मे सुधार के लिए तैयार है प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति की है उसी तरह हमे गहरे सम्द्री क्षेत्र में प्रगति करनी है उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को वैज्ञानिक शिक्षा का अति विश्वसनीय केन्द्रय बनाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली की संरचना में बदलाव किये जा रहे है उन्होंने कहा कि शहले किताबों की ढ़ाई र ध्यान केद्रित किया जा रहा था लेकिन अब शोध र ध्यान केंद्रित किया जा रहा है

अमेरिका के राष्ट्र ति डॉनल्ड ट्रं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दोनों देशों के बीच राजनीतिक सांझेदारी बनाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रू में उभारने के लिए दिये गये नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार लीज़न ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री की ओर से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राबर्ट ओ ब्रायन से व्हायट हाऊस में यह प्रस्कार ग्रहण कि श्री मोदी को दिया गया यह रस्कार किसी राष्ट्र के प्रमुख या सरकार को दिया जाता है श्री मोदी को रस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों के हल के लिए भारत और अमेरिका में रण्नीति सांझेदारी बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर करने वाले दृष्टिकोण के लिए दिया गया है

श्री अरोड़ा ने कहा कि एक वर्ष के दौरान कोविड वैक्सीन क्रमिक रू से स्वास्थ्य कर्मियों एवं प्राथमिकता के आधार र अन्य समूहो को दी जायेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकर के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकारण के इस कार्य में अन्य विभागो का सहयोग भी दिया जायेगा श्री अरोड़ा ने कहा कि दव के भंडारण के लिए प्रबंध किये जा रहे है

एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि हली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अभी स्कूल नहीं खोलेंगे जायेंगे सरकारी स्कूलों में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की ढ़ाई ऐजुसेट के माध्यम से करायी जायेगी

सरकारी स्कूलों में कार्यकतर सारे कर्मचारियो की प्रात ौने दस बजे से दो हर डेढ़ बजे तक उ स्थित अनिवार्य होगी

आज अम्बाला फरीदाबाद में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि विषयों और ाठ्यक्रमों के छात्रों को अ ना ज्ञान व ऊर्जा उन्नत खेती के लिए काम करने में लगाने और किसानों का मददगार बनने की अधील की है

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि स्नातक देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकते है श्री तोमर ने नये कृषि स्धार कानूनों को किसानों के लिए हर तरह से लाभकारी बताते ह्ये छात्र छात्राओं को इनका अध्ययन करने तथा इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आहवान भी किया उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाये गये कृषि कानूनों से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सकेगा

विश्वविद्यालय के अन्संधान निदेशक डॉ एस के सेहरावत ने बताया कि इसे देश के उत्तरी श्चिमी मैदानी इलाकों के सिंचित क्षेत्रों में काश्त के लिए अनुमोदित किया गया है जिनमें जम्मू कश्मीर के मैदानी भाग जाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान श्चिमी उत्तर प्रदेश और उंतराखंड राज्य शामिल है

आज राष्ट्रीय गणित दिवस र अम्बाला छावनी के सनातन धर्म कालेज के गणित विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर र रामान्जन एक फिल्म का प्रसारण भी किया गया गणित विभाग के प्रम्ख डॉ नवीन ग्लाटी ने कहा कि रामान्जन को आध्निक य्ग के महानतम विचारकों में गिना जाता है जिन्होंने बिना किसी प्रशिक्षण के गणित के क्षेत्र में विशेष में विशेष योगदान दिया